मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नशाखोरी के विरूद्व अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत बताई प्रदेश कांग्रेस ने गलवान घाटी में शहीद जवानों की याद में सभी जिलों व ब्लॉक में सलाम दिवस का किया आयोजन

इस अवसर पर शिमला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे इस मौके पर राज्यपाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए अधिक सतर्कता व सतत प्रयासों पर बल दिया उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को नशाखोरी के उन्मूलन के लिए अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य सरकार द्वारा गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ड्रग फ्री हिमाचल ऐप को शुरू करने की पहल को सराहनीय प्रयास बताया राज्यपाल ने पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लोगों से सहयोग की अपील की इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मादक पदार्थों का इस्तेमाल एक वैश्विक समस्या है और नशा तस्करों को पकड़ने के लिए अधिक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा व्यापरियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से अधिकतर लोग पड़ौसी राज्यों पंजाब व हरियाणा से संबंधित हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा उत्तराखंड और राजस्थान साझा रणनीति बनाने पर सहमत हुए हैं मुख्यमंत्री ने नशाखोरी के विरूद्व अभियान को सफल बनाने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने पर बल दिया उन्होंने कहा कि युवाओं को नशाखोरी की बुराई से बचाने में पंचायतीराज संस्थान शैक्षणिक व गैर सरकारी संस्थानों सहित सामाजिक संगठन व समाज के हर वर्ग की अहम भूमिका है

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी इस मौके अपने विचार व्यक्त किए कार्यक्रम में नगर निगम महापौर सत्या कौंडल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे एसपी चंबा उधर चंबा की पुलिस अधीक्षक मोनिका भुटुंगुरू ने हमारे ज़िला संवाददाता विकास ठाकुर से बातचीत में नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताई उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे बहुत कम आयु में नशे की प्रवृति में फंस जाते हैं जिस कारण घर में तनाव का माहौल बना रहता है

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान सदैव उच्च रहा है और आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं का अहम योगदान है वे आज शिमला जिला भाजपा महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है

प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने भी रैली को संबोधित किया सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार वैश्विक महामारी कोरोना पर नियंत्रण और प्रदेश की आर्थिकी सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है वे आज हमीरपुर में जिला प्रशासन व विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में आयोजित बैठक में बोल रही थीं सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने आज भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की याद में सभी ज़िलों व ब्लॉक में शहीदों को सलाम दिवस का आयोजन किया

इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कुलदीप राठौर ने कहा कि चीन ने भारत के साथ सीमा संधि को तोड़ा हैं इसलिए उसे इसकी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए उन्होंने कहा कि देश की सम्प्रभुता पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी और कांग्रेस पार्टी देश व सैनिकों के साथ एकजुटता से खड़ी है राठौर ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

शांता कुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने सरकारी सुविधाओं को लौटाने का फैसला लिया है शांता कुमार ने कहा है कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जनहित को देखते हुए उन्होंने इन सुविधाओं को जल्द वापिस लिए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को पत्र लिखा है गोविंद ठाक्र वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि वन विभाग द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में जल्द ही वन योजना का शुभारंभ किया जाएगा शिमला ग्रामीण व शहरी वनमंडल की समीक्षा बैठक में आज शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए अर्धसैनिक बलों की सहायता भी ली जाएगी गोविंद ठाक्र ने वनों को आग से बचाने के लिए वन मेलों के माध्यम से लोगों स्वयं सहायता समूहों और यूवक मंडलों को विभाग के साथ जोड़ने पर बल दिया परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र की भवारना पंचायत में आज विमिन्न विकास कार्यो का जायजा लिया उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर लोगों की सुविधा के लिए मॉडर्न रेन शैल्टर बनाए जाएंगे परमार ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशों पर प्रदेश में उद्योगों और मनरेगा कार्यों के अलावा सभी सरकारी विकास कार्यों को शुरू किया गया है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के क्टलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थी को भूमि सुधार पौधरोपण व पशु शैड बनाने के लिए एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है

उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के शस्त्र जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी